नई दिल्ली में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण परिसंघ की प्लेटिनम जुबली समारोह में श्री कोविंद ने कहा कि खाने की बर्बादी को रोकने से देश के अधिक से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है राष्ट्रपति ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों और मंडी के बीच एक सेतु बनाकर अन्न के महत्व को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राजनीतिक दलों से जन प्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता निर्धारित करने का आहवान किया है नईें दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के छात्र विधान परिषद के सदस्यों के साथ संवाद में श्री नायड् ने यह बात कही उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधियों को विधानमंडलों में लोगों की आवाज बनना चाहिए और उन्हें गरीबों तथा निचले तबके के लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए उप राष्ट्रपति ने कहा कि समाचार पत्रों में सुर्खियां पाने के लिए संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही में बाधा डालना अच्छी प्रवृत्ति नहीं है प्रदेष के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयाग कुम्भ दो हजार उन्नीस तथा इसके तहत की जा रही व्यवस्थाओं के सम्बंध में व्यापक प्रचार प्रसार सुनिष्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देष दिए हैं श्री योगी कहा कि पहली बार यह सम्भव हुआ है कि जल थल एवं नभ के माध्यम से तीर्थयात्री तथा श्रद्वालु कुम्भ में पहुंचेंगे और अक्षय वट और सरस्वती कूप के दर्षन भी कर सकेंगे मुख्यमंत्री लखनऊ के लोकभवन में प्रयाग कृम्भ दो हजार उन्नीस के प्रचास प्रसार के सम्बंध में समीक्षा बैठक किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्भ की आधारभूत संरचना एवं इन्फास्ट्रकचर पर बेहतरीन कार्य किया गया है पैन्ट्रन पुल चेकर्ड प्लेट्स रेलवे ओवर ब्रिज फ्लाई ओवर्स रेलवे स्टेषन का सुदढ़ीकरण एवं नए टर्मिनल का निर्माण कराया गया है श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासो से यूनेस्को द्वारा कुम्भ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की विष्व धरोहर के रूप मान्यता मिली है इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सुचना एवं पर्यटन अवनीष कमार अवस्थी ने मुख्यमंत्री को कृम्भ क्षेत्र प्रयागराज में कराए जा रहे कार्यो के सम्बंध में विस्तार से जानकारी दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीस दिसम्बर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे इस कार्यक्रम के लिए लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा है कि पचास प्रतिशत से अधिक और कम से कम बीस हजार जनजातीय आबादी वाले प्रत्येक विकास खंड में वर्ष दो हजार बाईस तक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे कल नई दिल्ली में श्री ओराम ने कहा कि एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालय के समकक्ष होंगे इनमें स्थानीय कला और संस्कृति के अलावा खेल प्रशिक्षण और कौशल विकास की विशेष सुविधाएं होंगी उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों की स्थापना से जनजातीय छात्रों की शैक्षणिक क्षमता और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा सरकार ने आज लोकसभा में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पूरक अनुदान मांगें पेश की सदन में शोर शराबे के बीच वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बताया कि इनमें इकहत्तर अनुदान मांगें और दो विनियोग विधेयक शामिल हैं उन्होंने सरकार के खर्च के लिए पचासी लाख नौ सौ उन्चास करोड़ रूपये के अतिरिक्त खर्च की संसद से मंजूरी मांगी है नीति आयोग ने आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र स्थापित करने के काम में तेजी लाने और प्राथमिकता के आधार पर वर्ष दो हजार बाईस तेईस तक उनका कामकाज शुरू करने पर जोर दिया है आयोग ने न्यू इंडिया एट पचहत्तर दस्तावेज के लिए कल जारी अपनी नीति में कहा कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को कम खर्च पर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा इन केन्द्रों में गैर संचारी रोगों मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों आघात और आपात चिकित्सा जैसी बीमारियों की जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी अनुसूचित जाति जनजाति गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों और हथकरघा बुनकरों के परिवारों की महिलाओं को हथकरघा पाठ्यक्रम शुल्क की पचहत्तर प्रतिशत राशि सरकार वापस करेगी लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कपड़ा राज्य मंत्री अजय टमटा ने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से अब तक एक हजार चौंतीस हथकरघा बुनकरों ने पंजीकरण कराया है